दो हजार बाईस की तय तिथि से चार वर्ष पहले ही भारत में बाघों की संख्या हुई दोगुनी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा विश्व के पचहत्तर प्रतिशत बाघ भारत में राज्य सरकार ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की सड़क दुर्घटना मामले की जांच सीबीआई से कराने का लिया फैसला महराजगंज जिले में कल खेत में करेंट उतरने से धान की रोपाई कर रही पांच महिलाओं की मौत मृतकों के आश्रितों को दी जायेगी तेरह तेरह लाख रूपय की आर्थिक सहायता प्रदेश की नव नियुक्त राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कल लखनऊ राजभवन में अपना पद संभाल लिया उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर ने शपथ दिलायी श्रीमती पटेल उत्तर प्रदेश का गठन होने के बाद पच्चीसवीं राज्यपाल है इससे पहले वह मक्य प्रदेश की राज्यपाल थी उन्हें निवर्तमान राज्यपाल राम नाईक के स्थान पर लाया गया है वह गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व में बाघों के लिए सर्वाधिक स्रक्षित स्थलों में एक है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 नई दिल्ली में कल अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट दो हजार अट्ठारह जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने बाघों के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्वता दोहराई और इस दिशा में हरसंभव उपायों का संकल्प लिया सर्वेक्षण के अनुसार देश में बाधों की संख्या बढ़कर दो हजार नौ सौ सड़सठ हो गई है उन्होंने बाधों की संख्या द्गुनी करने का लक्ष्य निर्धारित वर्ष दो हजार बाईस से चार वर्ष पहले पूरा कर लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस दिशा में सभी भागीदारों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस समर्पण और तेजी से यह लक्ष्य पूरा किया गया है वह सराहनीय है उन्होंने कहा कि यह संकल्प से सिद्धि का सर्वोत्तम उदाहरण है जिस प्रकार संवेदनशीलता के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुये इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया वह अपने आप में बहत ही प्रशंसनीय है आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत करीब तीन हजार टाइगर्स के साथ दनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित हैविटाद्स में से एक है दृनिया भर में टाइगर की करीब तीन चौथाई आबादी का बसेरा हमारे हिंदुस्तान में है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्ष में देश में वनों और संरक्षित क्षेत्रों की संख्या बढ़ी है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को स्वच्छ ईंघन और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है उन्होंने कहा कि कचरा और जैव पदार्थ देश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण अंग बन रहे हैं भारत आज दुनिया से उन शीर्ष देशों में है जो अपनी इकोनोमी को क्लीन पयूल बेस्ड और रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड बनाने में जुटा है वेस्ट और बायोमास को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का एक व्यापक हिस्सा हम बना रहे हैं इसके अलावा अब जो इलैक्ट्रिक मोबेलीटी पर काम हो रहा है बायोप्यूल पर काम हो रहा है स्मार्ट सिटी पर काम हो रहा है उससे भी पर्यावरण के हित जुड़े हुए हैं समारोह को संबोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पूरी दुनिया की नजर बाघ संरक्षण में भारत की उपलब्धियों पर है उन्होंने कहा कि देश के वन क्षेत्र में वृद्वि हुई है और भारत सतत विकास के पथ पर अग्रसर है पर्यावरण मंत्री ने सर्वेक्षण में शामिल लोगों को बधाई दी उन्होंने कहा कि छब्बीस हजार कैमरे सर्वेक्षण कार्य में लगाये गए

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में उर्वरक क्षेत्रों के पर्यावरण मानकों की ताजा रिपोर्ट जारी की है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र और इसकी हरित मानक परियोजना ने ये रिपोर्ट तैयार की है ये रिपोर्ट बयालिस मानकों पर आवरित है इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि समय आ गया है कि पर्यावरण की स्थिति की समीक्षा तीसरे पक्ष से कराई जाए दिल्ली समाचार समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान ने लोकसभा में अपनी टिप्पणी के लिए कल भाजपा सांसद रमा देवी से माफी मांग ली आजम खान ने कहा कि अध्यक्ष पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था फिर भी अगर उनके आचरण से ठेस पहुंची है तो वे इसके लिए माफी मांगते हैं मेरी कोई ऐसी भावना चेयर के प्रति न थी न हो सकती है मैं दो बार संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं चार बार मंत्री रहा हूं नौ बार विधायक रहा हूं राज्य सभा सदस्य रहा हूं मेरे भाषण मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मुझ से भावना में कोई गलती हुई तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे बोलते समय किसी ऐसी भाषा का प्रयोग न करें जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचे

इस दुर्घटना में पीड़िता के दो परिजनों की मौत हो गई और स्वयं पीड़िता और उसके वकील इस दूर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गये जिन्हें लखनऊ अस्पताल में भर्ती कराया गया है

गौरतलब है कि सीबीआई दुष्कर्म मामले की पहले ही जांच कर रही है भाजपा विधायक कूलदीप सिंह सेंगर दुष्कर्म के आरोप में जेल में निरूद्व है रायबरेली के अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह ने हमारे संवाददाता को बताया है कि इस सड़क दुर्घटना मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित दस लोगों के खिलाफ नामजद तथा पन्द्रह बीस अन्य लोगों के विरूद्व मुकदमा पंजीकृत किया गया है

पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि दुर्घटना उनकी बेटी सहित सभी चश्मदीदों को मार डालने की साजिश का हिस्सा थी फोरेंसिक टीमें भी इस बात की जांच कर रही हैं कि कार द्वर्घटना किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं थी क्योंकि जिस ट्रक से हादसा हुआ उसकी नंबर प्लेट को खुरचकर काले पेंट से पोत दिया गया था पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और मालिक को गिरफ्तार कर लिया है इस बीच राज्य सरकार ने कहा है कि घटना में घायल पीड़िता के इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के सड़क दुर्घटना में घायल होने के मामले को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्य सभा की कार्यवाही कल दोपहर तक स्थगित की गई पहले स्थगन के बाद सदन की बैठक शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने इस मामले को उठाया उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में उसके परिवार के दो सदस्यों की मृत्यु हो गई जबकि पीड़िता और उसके वकील घायल हो गए हैं रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि यह घटना पीड़िता की हत्या का प्रयास है गौरतलब है कि यह दुर्घटना कल रायबरेली जनपद में हुई थी दुष्कर्म पीड़िता और उसके वकील को लखनऊ ट्रामा सेन्टर में भर्ती कराया गया है सपा और कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल लिया बसपा अध्यक्ष मायावती ने इस दर्घटना के दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सड़क दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए इसे चौकाने वाला बताया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को घटना के पीड़ितों को हर सम्मव सहायता उपलब्ध कराने तथा घटना के सम्मन्ध में कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे मृतकों के परिजनों को तेरह तेरह लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी घटना की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है उधर फिरोजाबाद में कल शाम एक सड़क दुर्घटना में मां पिता एवं पुत्र सहित तीन लोगों की मौत हो गई जबकि बहन घायल है जिसे सैफई मेडिकल उपचार के लिए भेजा गया है